शिमला में कल शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि हिमाचल में संस्कृत भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिये पहल होनी चाहिये क्योंकि संस्कृत ही देवभाषा रही है और धर्मग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं आचार्य देवव्रत ने बच्चों में संस्कार देने और संस्कार का महत्व वेदों के माध्यम से समझाने के प्रयास की जरूरत भी बताई मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे नवरात्र आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के बह्मचारिणी स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है ब्रह्मा जी की शक्ति होने से यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी नाम से लोक प्रसिद्ध है नवरात्र के उपलक्ष्य पर सभी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है विशेषकर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में सुबह से ही मां के भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान प्रदेश की विभिन्न बोलियों पर विद्वान अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे

कल्याण समिति प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज़िला कल्याण समितियों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिमण्डल के सदस्य इन समितियों के अध्यक्ष होंगे ये समितियां सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के परामर्श अनुमोदन सुझाव और योजनाओं का स्वरूप तैयार करेंगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर की एक खबर है शिमला कांगड़ा फोरलेन के लिये भूमि अधिग्रहण का काम शुरू फोरलेन बनने के बाद धर्मशाला से शिमला का सफर रह जाएगा पांच घंटे का दैनिक न्याय सेतु मंडे मंथन में लिखता है किसानों बागवानों के उत्थान के लिये जमीनी स्तर पर उठाने होंगे कदम केवल बजट की घोषणा से सम्भव नहीं है किसान की खुशहाली दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है हाईकोर्ट ने दागदार अधिकारियों की विभागीय जांच की मांगी रिपोर्ट जबकि इसी खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है अधिकारियों के विरुद्ध जांच का स्टेटस तलब मुख्य सचिव से दो हफ्ते में मांगा शपथपत्र गोली कांड पर दैनिक जागरण का शीर्षक है फतेहपुर में शिकारी की गोली से सहायक फार्मासिस्ट की मौत अमर उजाला लिखता है शिकारी की गोली लगने से सहायक फार्मासिस्ट की मौत आरोपी गिरफ्तार उड़ते जंगली मुर्गे पर चलाई थी गोली पंजाब केसरी की सुर्खी है जंगल गया यूवक बना शिकारी की गोली का शिकार

हिमाचल में शीघ्र होगी निगमों बोर्डों में चेयरमैन की तैनाती भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने आठ नामों पर लगाई मुहर आपका फैसला की एक खबर है

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय दरकता समाज उगते नेता में लिखता है कि हम नागरिक विकास की बाड़बंदी करके ही समाधान नहीं खोज सकते बल्कि भविष्य में रूपांतरित होने वाली करवटों में नए विकल्प खड़े करने होंगे दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय खेती से खुशहाली में लिखा है कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में जैविक खेती कारगर उपाय साबित हो सकती है स्वस्थ भारत के निर्माण के लिये किसानों को इस सार्थक पहल में भागीदार बनना चाहिए आपका फैसला अपने सम्पादकीय खुदकुशी करते युवा में लिखा है कि सफलता को जीवन मरण का प्रश्न बना देना किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता